कोरोना महामारी पर सर्वदलीय बैठक तीन घंटे चली जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया बैठक में केन्द्रीय मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और ग्लाम नबी आजाद टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन डीएमके पार्टी के नेता टीआरबालू राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रम्ख शरद पवार तथा कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भाग लिया

रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या नये मामलों की दैनिक संख्या से अधिक हो गई है

जानना जरूरी है हमारी श्रंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं कृषि स्धारों को लेकर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मोदी सरकार चाहती है कि किसान अपनी जमीनें पूंजीपतियों को बेंच दें जबकि सच्चाई यह है कि किसानों को कृषि कानूनों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है किसानों की भूमि की बिक्री लीज या गिरबी रखना पूरी तरह से निषेध है और किसानों की भूमि भी किसी भी रिकवरी से स्रक्षित है कृषि संधार बाइट नए कृषि स्धारों से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है देवास जिले के किसान कमल पटेल बताते हैं कि उन्हें कृषि उपज मंडी की त्लना में आईटीसी पर फसल बेचने से ज्यादा दाम मिल रहे हैं

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और बहउददेश्यीय सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं में पोस्ट हार्वेस्ट कृषि आधारित उदयोगों की स्थापना किये जाने की योजना क्रियान्वित की है इन संस्थाओं दवारा सदस्य कृषकों की भागीदारी से ये उदयोग स्थापित होंगे

मंत्री डॉ भदौरिया ने कहा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ एवं विपणन संस्थाएँ कृषकों को उनकी आवश्यकताओं की समस्त सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध करायेंगी

चयनित छात्र म्ख्य रूप से आस्ट्रेलिया यूके जर्मनी अमेरिका नीदरलैण्ड आदि देशों के विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिये गये हैं

यह दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और महतबपूर्ण भ्रमिका की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल चार दिसंबर को बनाया है

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट संदेश के जरिए सभी जाबांज नौसेनिकों को बधाई दी है मौसम पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है दिन जहां गर्म रहते हैं तो रात में ठंड बढ़ रही है

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी दो से तीन दिन तक इसी तरह उतार चढ़ाव चलता रहेगा हालांकि अभी ज्यादा ठंड बढ़ने की उम्मीद नहीं है लेकिन रात को एक से दो डिग्री तापमान कम ज्यादा होता रहेगा